केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर को लेकर तत्परता से कार्यवाही करने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की सरकार से की मांग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

इस अवसर पर नगरोटा बगवां में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है और कांगड़ा जिले में इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे

उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य साधन है और कोरोना के कारण इस क्षेत्र पर भी प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है जयराम ठाकुर ने लोगों से कोरोना महामारी से डरने की बजाए इसके बचाव में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने कोरोना की विकट परिस्थितियों में भी तुच्छ राजनीति करने से गुरेज नहीं किया और सरकार की आलोचना करने में लगा रहा इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य विक्रम सिंह ठाकुर राकेश पठानिया व सरवीण चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सांसद किशन कपूर व इंदु गौस्वामी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे बाद में उन्होंने बिलासपुर के लुहणू स्थित हॉकी ग्राउंड का भी दौरा किया महेंद्र सिंह राज्य सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के दो परिसरों जदरांगल और देहरा स्थापित करने उद्देश्य से वन भूमि परिवर्तित करने के लिए तीव्रता से कार्यवाही की है

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के इस संबंध में स्पष्टीकरण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम शुरू करने में देरी हो रही है उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से इस संबंध में आ रही तकनीकि कठिनाईयों का निवारण वन व पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से करवाने का आग्रह किया है ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा जिला में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र द्वारा तत्परता से कार्यवाही कर आवश्यक मंजूरी दिलाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है एक बयान में अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि उनके इस कदम से केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें प्रदेश के चहमुखी विकास के लिए आपसी तालमेल से कार्य कर रही हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह प्रदेश के बड़े परियोजनाओं को धरातल पर लाने और नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए कार्यरत रहेंगे वीरभद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा शुरू से ही केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राजनीति करती आई है उन्होंने कहा कि उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थीं उन्होंने सवाल उठाया कि अब जबकि केंद्र और प्रदेश दोनो में भाजपा की सरकारें हैं तो इस विश्वविद्यालय का निर्माण क्यूं नहीं हो पा रहा है

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य की वित्तिय स्थिति सुधारने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है उन्होंने सरकारी धन का द्रपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार अपने मंत्रियों की सुख सुविधा के लिए मंहगी कारें खरीद रही हैं तो दूसरी तरफ सरकार की वित्तिय स्थिति बदतर होती जा रही है कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं और पूर्व कांग्रेस सरकार के समय हुए विकास कार्यों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है उन्होंने प्रदेश के वित्तिय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की सरकार से मांग की है

आकाशवाणी से बातचीत में भूषण ठाकुर ने बताया कि वे कोरोना बचाव के सभी नियमों का नियमित पालन करते रहे हैं कार्यकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मदन लाल बंधु ने बताया कि डॉक्टरों की टीम थोरंग गांव भेजी गई है ताकि स्थिति का पता चल सके प्रतिबंध इस बीच लाहौल स्पिति जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के सिसु नर्सरी से आगे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि पर्यटकों को केवल अटल टनल रोहतांग के नार्थ पोर्टल से सिसु नर्सरी तक जाने की अनुमति होगी सत्ती छठें राज्य वित्त राज्य के अध्यख सतपाल सत्ती ने आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के सनौली गांव में महिला मंडल भवन का उद्घाटन किया